मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजप्रोहित ने बताया कि नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है पर्यवेक्षकों ने आवंटित निकाय क्षेत्रों में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है राज्य में आगामी एक जनवरी के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अगले महीने चलाया जाएगा

बैठक के दौरान श्री बिरला सदन के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी रविवार को ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है सत्र से एक दिन पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार जनजातियों के लिए कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाएगी श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार वनवासियों और जनजातियों के अधिकारों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है

श्री जावड़ेकर प्रसार भारती संग्रहालय से संकलित गुरबानी और शबद कीर्तन का डिजीटल संस्करण जारी किया

इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों को किसानों तक नयीं तकनीक पहुंचानी होगी राज्यपाल आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक किसानों को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करें

पहले दिन गढ गणेश की पूजा अर्चना के साथ गढ पैलेस से शोभायात्रा निकाली गई शोभा यात्रा पुलिस परेड मैदान पहुंची जहां देसी विदेशी सैलानियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई इस मौके पर ब्रंदी चित्र शैली की चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने उद्योग हस्तशिल्प कला मेले का उदघाटन किया

श्री बिड़ला ने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए श्री बिड़ला ने आज ही ब्रंदी में भी लोगों की समस्याएं सुनी झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई की

जैसलमेर में तेज बारिश हई बीकानेर में कल से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है जयपूर तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा चलने से ठंड बढने लगी है इस बीच ताजा बरसात से मूंगफली की फसल में नुकसान की आशंका से किसान चिंतित हो रहे हैं